मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने कहा ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित सभी जिलों में मतदान सामग्री का वितरण जारी कई मतदान दल हुए रवाना

सभी राजनैतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए अब घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी तथा सपाक्स सहित कई दलों ने प्रदेश में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं

निर्वाचन आर्योग ने संवेदनशील मतदान कोन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी की व्यवस्था मी की है इस बीच प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ईवीएम से मतदान पूरी तरह सुरक्षित है और इन मशीनों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है

इसे एक तरह से मतपत्रों का इलेक्ट्रानिक संस्करण कह सकते हैं

पीठासीन अधिकारी मतदाता से निर्घारित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करेगा तथा कानूनी प्रावधान से अवगत करायेगा

सोशल मीडिया निर्देश चुनाव आयोग ने अपने निर्देशों में कहा है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब सोशल मीडिया के जरिए भी किसी प्रत्याशी का प्रचार या दुष्प्रचार नहीं किया जा सकता इसके लिए आयोग द्वारा फेसबुक वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म की सतत निगरानी की जा रही है आयोग ने लोगों से कहा है कि वे कल मतदान समाप्त होने तक किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन या विरोध वाली पोस्ट न भेजें इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा

राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की जा रही है जबलपुर जिले के आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल एक सौ चौदह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं इन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए तैनात मतदान दलों को आज सुबह से ही मतदान सामग्री वितरित की जा रही है यहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम की दो बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जायेगा इंदौर जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज इंदौर के नेहरू स्टेडियम से मतदान दलों को सामग्री के साथ रवाना किया गया उज्जैन में आज मतदान दलों को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से ईवीएम प्रदान की गई ग्वालियर जिले के सभी छह विघानसभा क्षेत्रों में ग्वालियर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई कला वाणिज्य महाविद्यालय से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रॉगरूम भी खोले जा रहे हैं

श्रम आयुक्त राजेश बहुगुणा द्वारा जारी आदेश में सभी कारोबार व्यवसाय औद्योगिक इकाइयों और उपक्रमों के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी श्रेणी के कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करें यदि किसी नियोजक द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी अंगदान दिवस केन्द्रीय स्वास्थ राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों से जागरूकता अभियान चलाने को कहा है श्री चौबे ने आज नई दिल्ली में नौंवे भारतीय अंगदान दिवस के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही तमिलनाडु में छह लाख से अधिक लोगों ने अंगदान किया है और इस तरह देश में अंगदान को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि अंगदान के लिए लोगों की अपनी भागीदारी बढ़ाने और जागरूक करने की आवश्यकता है

इस अवसर पर आयोजित समारोह में लगभग एक हजार एक सौ कलाकारों के साथ शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित और संगीतकार ए आर रहमान अपनी प्रस्तुतियां देंगे टूर्नामेंट कल से शुरू होगा

भारत को बेल्जियम कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल सी में रखा गया है दो बार के मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ग्रूप बी में और पाकिस्तान पूल डी में है

छिन्दवाड़ा जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों में सोलह हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता मतदान करेंगे